रिम्स के सात डॉक्टर और चार नर्स पॉजिटिव मिले पिछले सोलह दिनों में बयालीस डॉक्टर और नर्स संक्रमित हुए हैं

झारखंड चैंबर ऑफ कामर्स की अपील पर राज्य की अधिकतर दुकानें बंद नहीं होने पर चैंबर ने सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की राज्य में पिछले चौबीस घंटे के दौरान कोरोना से संक्रमित तीन सौ चौदह नए मरीज मिले हैं संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर सात हजार पांच सौ चौसठ हो गयी है

दूसरी तरफ अब तक तीन हजार तीन सौ चौवन कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है इधर गोड्डा जिले में आज दो नए कोरोना मरीज मिले हैं

वहीं गढ़वा जिला मुख्यालय स्थित कोविड अस्पताल में इलाजरत एक कोरोना संक्रमित मरीज की कल मौत हो गई थी जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर एन के रजक ने बताया कि मृतक की उम्र पचासी वर्ष थी और वह बिहार के डेहरी ऑन सोन का रहनेवाला था रांची के रिम्स में कल सात डॉक्टर और चार नर्स कोरोना से संक्रमित मिले हैं पिछले सोलह दिनों में कुल मिलाकर बयालीस डॉक्टर और नर्स कोरोना से संक्रमित हुए हैं इस संबंध में रिम्स को नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रभात कुमार ने कहा कि इलाज के लिए डॉक्टर और नर्सो की कमी हो रही है ऐसे में जिला प्रशासन को पीएचसी और सीएचसी से डॉक्टरों की व्यवस्था करनी चाहिए

इनमें ढाब थाना में पदस्थापित पुलिस के जवान और तीन रोजगार सेवक शामिल है

फिलहाल कोडरमा जिले में चार सौ तेईस लोग कोरोना संक्रमित हैं साहिबगंज जिले में एक सौ सैतीस मामले हो गए हैं जिसमें छियानवें एक्टिव केस हैं उनचालीस मरीज ठीक होकर घर वापस जा चुके हैं जबकि दो लोगों की मौत हो चुकी है

पाकुड़ जिले के कोरोना मरीजों को किसी तरह की परेशानी न हो और उनका सही तरीके से इलाज हो इसके लिए नोडल पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गयी है

झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों और जांच की सुस्त रफ्तार पर कड़ी टिप्पणी करते हुए राज्य सरकार को सख्त हिदायत दी है झारखंड उच्च न्यायालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चल रहे एक मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन ने कहा कि हालात से लगता है कि सरकार इस महामारी से निपटने की तैयारी सही तरीके से नहीं कर सकी है हाईकोर्ट ने नए भवन में कोर्ट के सभी कर्मी और जज गेस्ट हाउस को जज के लिए आइसोलेशन सेंटर बनाने का सुझाव दिया है

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान झारखंड में बढ़ते कोरोना मामले पर चिंता जतायी हैं कोर्ट ने रांची के धुर्वा स्थित जुडिशल एकेडमी के खाली भवन के इस्तेमाल का भी सुझाव दिया है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

नई दिल्ली में आयोग की समीक्षा बैठक में कल यह निर्णय लिया गया आयोग की प्रवक्ता शेफाली शरण ने ट्वीट कर यह जानकारी दी उन्होंने कहा कि इन सीटों के उपचुनाव की तारीख उचित समय पर घोषित की जाएगी

इस संबंध में झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद जेसीइआरटी ने कोर्स कम करने को लेकर एक कमेटी बनायी है यह कटौती पहली से बारहवीं कक्षा तक की जायेगी

झारखंड चैंबर ऑफ कामर्स की तीन दिनों तक दुकानें बंद रखने की अपील का कल पहले दिन कोई खास असर नहीं दिखा राज्य के अधिकतर जिलों में दुकानें खुली रहीं राजधानी रांची में भी बहुत कम दुकानें बंद नजर आयीं

वहीं दुमका में दोपहर तीन बजे के बाद अधिकांश दुकानें बंद हो गयी

पलामू गढ़वा रामगढ़ कोडरमा सिमडेगा चतरा जामताड़ा गिरिडीह हजारीबाग और लातेहार में सभी दुकानें खुली रहीं झारखंड चैंबर ऑफ कामर्स के अध्यक्ष कुणाल आजमानी ने कोरोना का संकमण तेजी से फैलने पर चिंता जताते हुए कहा कि राज्य सरकार को इस मामले में ठोस कार्रवाई करनी चाहिए गिरिडीह जिले की पीरटांड थाना पुलिस और सीआरपीएफ की टीम ने संयुक्त अभियान चलाकर वर्षों से फरार एक इनामी महिला नक्सली को गिरफ्तार किया है जिले के पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि महिला नक्सली सुनीता उर्फ कौशल्या उर्फ रमा पर सरकार ने दो लाख रुपये का इनाम घोषित कर रखा था

इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा

आकाशवाणी डी डी न्यू ज पी एम ओ और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी यह कार्यक्रम लाइव उपलब्धे रहेगा आकाशवाणी हिंदी में इस कार्यक्रम के प्रसारण के तत्का्ल बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण करेगा क्षेत्रीय भाषाओं में शाम आठ बजे इसका पुनः प्रसारण भी किया जाएगा

मृतक व्यक्ति आवासीय विद्यालय सिमरिया में शारीरिक शिक्षक के रूप में कार्यरत था घायल अवस्था मे ही हॉस्पिटल ले जाने के दौरान रास्ते मे ही इसकी मौत हो गई जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिये सदर अस्पताल भेज दिया वहीं चतरा के पिपरवार एरिया के अशोक परियोजना कोयला खदान में हई वज्रपात से एक मजदूर की मौत हो गई जबकि एक अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया

जानकारी के अनुसार दोनों मजदूर कोयला खदान मे ड्यूटी कर रहे थे इसी दौरान वजपात होने से दोनों इसकी चपेट में आ गए घटना की सूचना पाकर स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंच कर मृतक के परिजनों को नौकरी और मुआवजा दिलाने की मांग करने लगे वहीं सूचना पाकर सीसीएल अधिकारी व पिपरवार पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली और ग्रामीणो को समझाया

कोरोना संकमण से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम नहीं होने को लेकर हाईकोर्ट की टिप्पणी राज्य में इंतजाम नाकाफी हालात डरावने हिन्दुस्तान अखबार की सुर्खी है

तीन दिनों तक दुकाने बंद रखने की झारखंड चैंबर ऑफ कामर्स की अपील के बाद भी ज्यादातर दुकानें खुली रहने की खबर दैनिक जागरण के पहले पन्ने पर है